केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की बैठक हई

डॉक्टर हर्षवर्धन ने निर्देश दिये कि व्यक्तिगत स्रक्षा किट पीपीई मास्क वेंटीलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण में ग्णवत्ता या मानक संबंधी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये

मुख्यमंत्री ने चेकगेट पर आवश्यक कर्मियों और स्विधाओ की उपलब्धता का जायजा लिया उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और प्लिस के जवानों से सुरक्षा किट और जरुरी स्विधाओ के बारे में जानकारी ली म्ख्यमंत्री ने राज्य भर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सचिवालय में स्थापित म्ख्य नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया श्री खांडू ने आलाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के सभी प्रवेश मार्गो पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मजबृत बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश न कर सके उन्होंने सभी चेक पोइंट को पर्याप्त संख्या में कर्मी स्क्रीनिंग किट्स स्रक्षा किट्स और अन्य स्विधाओ से लैस करने पर जोर दिया म्ख्यमंत्री ने चिन्हित कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आईसोलेशन प्रक्रिया और उसके इलाज पर चर्चा की